उन्होंने कॉलेज के एक सौ दस एमबीबीएस डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान कीं इस मौके पर राष्ट्रपति ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा एक नोबल व्यवसाय है न कि मात्र जीविकोपार्जन का साधन श्री कोविंद ने डॉक्टरों से मरीजों खासतौर पर गरीब तबके के लोगों के हितों को सर्वोपरि रखने का आहवान किया राष्ट्रपति ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ केयर इको सिस्टम में बदलाव लाया जा रहा है उन्होंने प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में अच्छे डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों की जरूरत बताई समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि संस्थान से पास हुए चिकित्सकों को इस प्रकार सेवा करनी चाहिए ताकि संस्थान को अपने विद्यार्थियों पर गर्व महसूस हो आचार्य देवव्रत ने कहा कि चिकित्सकों को मरीजों की सेवा प्रेमभाव और संवेदना के साथ करनी चाहिए

इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गम्गल हवाई अड्डे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर तथा टांडा मेडिकल कॉलेज ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने भव्य स्वागत किया सहजल प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित बना रही है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सोलन जिले में कॅसौली विधानसभा क्षेत्र की भोजनगर पंचायत में आज भरगयाणा क्यारट् संपर्क मार्ग के लोकार्पण और क्यारटू ओयल मार्ग का भूमि पूजन करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि सोलन जिला टमाटर सहित बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है और बेहतर संपर्क सुविधाएं मिलने से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी

लाईब्रेरी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन स्थित ऐतिहासिक जिला महिमा पुस्तकालय को ई लाईब्रेरी बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी बेहतर ढंग से परीक्षाओं की तैयारी कर सके उन्होंने कल पुस्तकालय का दौरा किया और कहा कि इसके संरक्षण और पाठकों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा पुस्तकालय में विद्यार्थियों और पाठकों की सुविधा के मददेनजर समय सारिणी में भी बदलाव किया गया है और अब ये सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक खुला रहेगा

सांसद अनुराग ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि योजना के तहत चार किश्तों के माध्यम से पात्र परिवारों को सहायता राशि मुहैया करवाई जा रही है

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व कार्यक्रम प्रभारी गणेश दत्त ने यह जानकारी दी है उन्होंने कहा कि शिमला में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे गणेश दत्त ने बताया कि कार्यक्रम की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय से की जा रही हैं